एनएच केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के दो राष्ट्रीय उच्च मार्गो को डबल लेन में स्तरोन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते विश्व बैंक को प्रस्तावित किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है गौरतलव है कि विश्व बैंक की टीम इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है ये टीम इन दोनों सड़कों का निरीक्षण करेगी तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर भी चर्चा करेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए आज बिलासपुर जिला के बरठीं से अटल आदर्श आवासीय शिक्षा योजना का शुभारंभ किया और योजना को लेकर एक पुस्तिका भी जारी की उन्होंने इस मौके पर बरठी में इस योजना के तहत बनने वाले पहले आवासीय स्कूल की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मेधावी छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी ताकि ये विद्यार्थी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें बाद में झंडुता में एक जागरूकता समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने झंडुता में मिनी सचिवालय और लोकनिर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की उन्होंने बरठी में उउकेवी विद्युत सबस्टेशन सरगल कोटला बरठी जलापूर्ति योजना और टूंगरी कजैली समौह विजय जलापूर्ति योजना की आधारशिला भी रखी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्राकृतिक खेती रसायन आधारित खेती का बेहतर विकल्प है राज्यपाल आज पंजाब के लुधियाना में एक समारोह में उद्योग प्रमुखों और उद्योगपतियों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में वर्तमान कृषि पद्वतियों से मिट्टी में जहर मिल गया है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में पर्यावरण जल व बीमारियां तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान सभी हितधारकों की सहभागिता तथा सक्रिय सहयोग से किया जा सकता है उन्होंने कहा कि ये तीनों विषय समाज तथा पृथ्वी पर आने वाली सभ्यताओं के लिए एक चुनौती है उन्होंने इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने के लिए किसानों और समाजसेवियों को सम्मानित भी किया सरवीण चौधरी शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी को बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड मीडिया ग्रुप द्वारा स्मार्ट सिटी पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सरवीण चौधरी को ये पुरस्कार दिल्ली में एक समारोह में दिया गया सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल के शिमला और धर्मशाला जैसे शहर महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल सरकार धर्मशाला और शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश तथा विश्व के उत्कृष्ट शहर बनाने के लिए वचनबद्व है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में आउट सोर्स के आधार पर प्रस्तावित भर्तियों का विरोध किया है अग्निहोत्री ने आज एक ब्यान में सरकार के इस फैसले को युवा वर्ग के साथ धोखा करार दिया और इस पर पुर्नविचार की मांग की उन्होंने सरकार से स्थाई भर्तियां करने की भी मांग की ताकि ठेकेदार युवा वर्ग का शोषण न कर सकें रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज बंजार विधानसभा क्षेत्र के मंगलौर गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बनने वाली ढोरूरोपा शराई और सिद्दवां सिंचाई योजना का शिलान्यास किया रामस्वरूप शर्मा ने इस मौके पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल के लिए करोड़ों रूपए की योजनाएं मंजूर की गई हैं

रामस्वरूप शर्मा ने बाद में कुल्लू के ढालपुर मैदान में खादी व ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का समापन भी किया दुर्घटना सिरमौर जिला में शिलाई सतौन मार्ग पर गंगटोली नामक स्थान पर बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तीन युवकों को मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए दोनों घायलों को पावंटा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है मृतकों की पहचान राहुल विशाल और नारायण के रूप में हुई है घायलों में ज्ञानेन्द्र और अली हुसैन शामिल है ये सभी युवक दिल्ली के अलीपुर के रहने वाले है दुर्घटना का कारण चालक को नींद आना बताया जा रहा है उधर किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के लुतुक्सा नामक स्थान पर मलवा गिरने से टूटी बिजली की तार की चपेट में आने से मण्डी निवासी युवक सुशील कुमार की मौत हो गई तथा एक अन्य युवक मनोज कुमार घायल हो गया दिव्यांगजन दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है

इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना इधर प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए कुल्लू में इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को नेचर पार्क की सैर करवाई गई जबकि ऊना में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने पांच दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया केलंग में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने उन्हें दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन में बढ़ौतरी की मांग की शिमला में दिव्यांगजन दिवस का आयोजन ढली स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों के स्कूल में किया गया सोलन नाहन हमीरपुर और अन्य स्थानों पर भी इस मौके पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने वानरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर चिंता जताई है वीरेन्द्र कंवर ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वानरों के आतंक से किसानों को निजात दिलाने के लिए पशुपालन विभाग को शोध करने को कहा गया है उन्होंने ये भी कहा कि बंदरों को वर्मिंग घोषित करने के बावजूद लोग इन्हें मारने से परहेज कर रहे हैं इसलिए सरकार वैकल्पिक कदमों पर विचार कर रही है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि किसानों की पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश भर में वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े टैंकों का निर्माण किया जा रहा है इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है

पालमपुर के घराणा में जनसमस्याएं सुनते हुए उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना में भी पांच लाख रूपए तक की निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने जल्द ही घराणा उपस्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने का आश्वासन भी दिया प्रैस से मिलिए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रोहित सावल और लोकसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ने कहा है कि धर्मशाला में प्रैस क्लब भवन के प्रस्तावित भवन में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जरूरी बदलाव किए जाएंगे रोहित सावल और हरबंस सिंह आज धर्मशाला में प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए मीडिया सहित समाज के विभिन्न वर्गों से फीडबैक लिया जा रहा है कांग्रेस प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की आज शिमला में बैठक हुई कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आरोप पत्र में शामिल किए जाने वाले मुददों पर चर्चा की गई कमेटी ने निर्णय लिया कि अगले एक सप्ताह तक पार्टी के तमाम पदाधिकारियों जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों अग्रणी संगठनों पूर्व विधायकों पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता से चार्जशीट के लिए तथ्य एकत्रित किए जाएंगे

उमंग स्वयं सेवी संस्था उमंग मानसिक संतुलन खो चुके उड़ीसा के मलकानगिरी के सचिनदास को शीघ्र ही उसके घर पहुंचाएगी संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सचिनदास को दो दिन पहले ही शिमला जिला के झाकड़ी में उमंग फाउंडेशन से जुड़े दंपत्ति पूजा सेमटा व संदीप शर्मा ने लावारिस हालत में भटकते हुए पाया था संस्था द्वारा सचिनदास को लेकर की गई छानवीन में पता चला की वह मलकानगिरी में एक मंदिर में पूजारी था और कुछ सप्ताह पहले अपनी माता का निधन हो जाने के कारण मानसिक संतुलन खो बैठा तथा भटकते हुए झाकड़ी तक पहुंच गया श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही सचिनदास की जिंदगी में उम्मीद की किरण फिर से लौट आई यशपाल भाषा एवं संस्कृति विभाग ने आज बिलासपुर में यशपाल जयंती का आयोजन किया समारोह की अध्यक्षता करते हुए विभाग के निदेशक केके शर्मा ने कवियों और साहित्यकारों का आहवान किया कि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए आगे आएं ताकि स्वस्थ व खुशहाल समाज का निर्माण किया जा सके उन्होंने ये भी कहा कि विभाग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसंस्कृति साहित्य और नैतिक मूल्यों के संरक्षण तथा प्रचार के लिए लगातार प्रयासरत हैं